्र रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा बाजार में नकदी की आपूर्ति सुनिश्वित करने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे ्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवा विद्यार्थियों को नई बुलंदी छुने में मदद मिलेगी

ये सभी लोग बुंदी जिले में कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे उन्होंने बताया कि नाव कुछ दूर जाने पर ही पलट गई कुछ लोग तैरकर किनारे आ गए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताते हुए मुतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाए व्यक्त की है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पुर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने भी हादसे पर दुख जताया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने हादसे को दर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने दर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट किया

श्री मेहरा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से जुडे सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए चुनाव सम्पन्न कराए जाएें उन्होंने मतदान के समय अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार करवाए जाने के भी निर्देश दिये करौली के निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग और पुलिस अधीक्षक मुद्ल कछावा ने आज पंचायत समिति मासलपुर क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को विभिनन व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये

इस बीच बामनवास विधायक इन्द्रा मीणा के भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है

वे भारतीय याणिज्य और उद्योग चैंबर्स संघ फिक्की की ओर से आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे श्री दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त होने की आशंका है क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं संक्रमण भी बढ़ रहा है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के फलस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शर्तों में महत्वपूर्ण छूट दी गई है

यह फैसला घरेलू विनिर्माताओं को चार महीने का अतिरिक्त समय देने के लिए किया गया है

इससे देश को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा के माध्यम के रूप में मात भाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य द्विभाषी कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और छूट दी जाएगी

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की ओर से पेश रिपोर्ट पर गौर करते हुए अधिकरण ने यह आदेश पारित किया

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता रखी गई

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर लोगों से कहा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूकता बढाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि हमें खतरनाक रसायनों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए

एक ट्वीट में केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से ओजोन परत के संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों के उपयोग की अपील की

एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेजने को कहा है

योजना के बारे में किसानों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान और और उन्हें जानकारी देने का कार्य हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा

यह शराब गुजरात ले जाई जा रही थी